प्रदेश के सभी किसानों को अगले दो साल में खेती के लिए दिन में बिजली उपलब्ध कराई जाएगी बीकानेर में चल रहे भारत अमेरिका सैन्य युद्धाभ्यास का समापन आज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

मास्क पहनें दो गज की दरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखे हाथ और मुंह साफ रखें

इसी को तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम के तहत सुनिये हमारी श्रोता को संदेश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

कल नीति आयोग की शासकीय परिषद की बैठक को वीडियो कांफ्रेंस के जरिये संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि भारत तेजी से प्रगति का संकल्प ले चुका है और कोई समय नहीं गंवाना चाहता

उधर नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मरू प्रदेश राजस्थान के विशेष हालात को देखते हुये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित किया जाए उन्होने कहा कि राजस्थान में खनिज सम्पदा की अधिकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्लभ खनिज पोटाश के मामले में हमारा देश पूरी तरह आयात पर निर्भर है प्रदेश में इस खनिज के अथाह भण्डार मौजूद है उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि इसका समुचित दोहन हो और पूरे देश को इसका लाभ मिले श्री गहलोत ने इस बारे में मिनरल एक्सप्लोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से सहयोग की मांग की

श्री कल्ला ने कहा कि जल्द ही राज्य बिजली के क्षेत्र में अग्रणी होगा सौर ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार और नई शुरूआत से हर घर को निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाएगी उन्होंने बताया कि गर्मी में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए आपात योजना के तहत पर्याप्त राशि का बंदोबस्त किया गया है और जल संकट वाले क्षेत्रों में टैंकरों से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई है

आतंकवाद विरोधी अभियान के अलावा जमीनी और हवाई प्रशिक्षण भी इस युद्धाभ्यास का हिस्सा है

गौरतलब है कि भरतपूर जिले के मूल निवासी श्री दाताराम जम्मूकश्मीर के कूपवाडा में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए थे

एक ट्वीट में श्री मोदी ने लोगों से इसके लिए प्रेरक घटनाकमों को साझा करने का आग्रह किया लोग नमो एप या माई जीओवी ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं

पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के अलावा राज्य प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष और अन्य भी बैठक में शामिल होंगे इससे पहले कल भाजपा अध्यक्ष जेपी नड़डा ने पार्टी संगठन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और आज की बैठक के एजेंडे पर विचार विमर्श किया

इस वर्ष के लिए थीम है शिक्षा समाज में समावेश के लिए बहुभाषिता को बढ़ावा देना